उन्होंने कहा कि जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी प्रस्कृत होंगे वहीं निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने की रिथति में उनके विरूद्व कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकुर ने कहा कि संसाधनों से ही सरकार विकास कार्य करवा पाती है ऐसे में अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है

इनमें उहल नदी से मंडी शहर के लिए पेयजल योजना का लोकार्पण शामिल है

मुख्यमंत्री ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे अपील केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह न होने की अपील की है उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है समर्थन प्रदेश भाजपा ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकहित में बताया है पार्टी उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने आज चम्बा में पत्रकार वार्ता में कहा कि कृछ विपक्षी दल इस कानून को लेकर देशभर में बवाल खड़ा कर रहे हैं जो सही नहीं है वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विश्व हिन्दू परिषद ने चम्बा में रैली का आयोजन किया कुल्लू में हुई रैली में जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है धर्मशाला के भडियाड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कम्पयूटरीकृत किया गया है और अनेक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और विकास कार्यो के लिए धन की कमी नहीं है ऊना जिले के राजकीय विद्यालय चराड़ा में एक समारोह में उन्होंने कहा कि कृटलैहड़ क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास जल्द किया जाएगा

सुरेश भारद्वाज शिमला के उपनगर खलीनी में राजकीय विद्यालय भवन की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान में शिक्षा देने के मामले में सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से काफी आगे हैं

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त व प्रगतिशील सुशासन दिया है एक बयान में उन्होंने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की उस बयानबाजी का खण्डन किया जिसमें उन्होंने प्रदेश में विकास न होने की बात कही है सतपाल सत्ती ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में सरकार एक दिन के लिए भी छट्टी पर नही गई और पहले दिन से ही हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं